भारत ने आज मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सीय उत्पादों की स्रक्षा और एलएनजी के निर्यात के लिये एक्सन मोबिल तथा इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ समझौते सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों ने व्यापक वैश्विक भागीदारी के लिए द्विपक्षीय संधियों का फैसला लिया है उन्होंने कहा कि लोगों का लोगों के साथ सम्पर्क इन विशेष सम्बधों की नींव है आज नई दिल्ली में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद एक सांझो पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा सहयोग भारत और अमरीका के बीच बढ़ रही रणनीति भागीदारी का प्रतिबिंब है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थो की तस्करी और मादक आतंकवाद को रोकने के लिए नई विधियों पर सहमत हये है उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के समर्थकों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रयास बढ़ाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीति ऊर्जा भागीदारी और मजबूत हो रही है एवं अमेरिका भारत के लिए तेल और गैस का बड़ा स्त्रोत बना है श्री मोदी ने कहा कि दविपक्षीय व्यापार में द्ग्णी वृदवि दर्ज की गई है और यह पिछले तीन सालें में ज्यादा संतुलित ह्ई है उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का भारत आने पर धन्यवाद किया अमेरिका के राष्ट्रपति डॉन्लड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबदव है उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा सहयोग में वृदवि की है और तीन अरब डॉलर के सैनिक उपकरणों के सौदे किये गये है श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत की भागीदारी असल में इससे पहले ये कहीं ज्यादा मजबूत हई है

उन्होंने घोषणा की अमरीकी अंतर राष्ट्रीय वित्त विकास निगम भारत में स्थायी पर स्थापित रहेगा और अमेरीका संशोधित विकास के लिए भारत के साथ काम करने को वचनबद्व है राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह भारत में ह्ये उनके भव्य स्वागत महसूस कर रहे है भारत ने आज अमेरिका के साथ नये समझौतों पर हस्ताक्षर किये है जिनमें मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सीय उत्पादों की स्रक्षा और एलएनजी के निर्यात के लिए एक्सन मोबिल तथा इंडिया ऑयल कारपोरेशन के बीच समझौता शिमल है

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान ये जानकारी दी

पैरा मेडिकल सटाफ के विभिन्न पदों की विस्तृत जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड को भैजी जा च्की है स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि एमबीबीएस में दाखिले के समय श्पथ पत्र लिया जायेगा कि डिग्री पुरी होने पर डाक्टर दो वर्ष तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करेंगे

उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है ये ओपीडी में हई तीस प्रतिशत की वृद्वि से साबित होता है हरियाणा में घनी आबादी वाले क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों के ऊपर से ग्जरने वाली सभी हाई टेंशन व लो टेंशन लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जायेगा और इसका खर्च बिजली वितरण निगमों दवारा वहन किया जायेगा हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने आज यह जानकारी बजट सत्र के तीसरे दिन अभय यादव द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में दी और कहा कि सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाई है उन्होंने बताया कि सड़कों का निर्माण और चौड़ाई बिजली के ब्नियादी ढांचे स्थापित होने के बाद बढ़ने के कारण कुछ लोगों ने बिजली की लाइनों के नीचे घर बना लिये है उन्होंने बताया कि सरकारी या निजी अदारों द्वारा बनाई जा रही कालोनियों या सेक्टर में डीवेलपर की लागत पर तारें बदलने का काम किया जायेगा विधायक सीता राम के पूरक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गांवों के लाल डोरे से एक किलोमीटर के भीतर आने वाली ढाणियों को बिजली कनैक्शन जारी करने के निर्देश दे दिये गये है हरियाणा विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने नई आबकारी नीति के तहत शराब नोशी को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा विधायक किरण चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा ने शंका प्रकट की कि घरों में शराब के परमिट दिये जोने से शराब के प्रति रूझान बढ़ेगा उन्होंने कहा चूकि शराब का कोटा बहत ज्यादा रखा गया है इससे शराब की कालाबाज़ारी भी बढ़गी पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा कि उनके समय में पंचायत के प्रस्ताव पास करने के बाद गांव के आसपास ठेका नहीं खोला जाता था लेकिन अब सरकार एक तरफ से तो शराबबंदी की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ इसको बढ़ावा दिया जा रहा है

विधायक किरण चौधरी ने शराब की तस्करी का मुद्दा भी उठाया इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने बिना परमिट के घर पर ज्यादा शराब रख्ने पर जुर्माना बढ़ाया है

उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तस्करी पर नज़र रखने के लिए डिस्टीलरी और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में गोवंश को बचाने और अवारा पशुओं की समस्या को दूर करने की एक योजना बनाई जा रही है जिसके तहत अवारा पश्ओं की देखभाल करने वाली गऊशालाओ को विशेष ग्रांट दी जायेगी विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान एक सवाल के जवाब मे उन्होंने ये जानकारी देते हये कहा कि गऊशाला में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है और चिकिता सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है

उन्होंने कहा कि आगे गन्ना किसानों को समय पर भ्गतान करने के लिये नई व्यवसथा की जा रही है ताकि भ्गतान में देरी न हो बरवाला विधानसभा क्षेत्र में गांवों सारसौध सात रोड खर्द घींतगताना निचाना और बगाना के सरकारी पश् औषधालयों का दर्जा सरकारी पश् अस्पताल के रूप् में बढ़ाने सम्बधी एक प्रश्न के उत्तर में श्री दलाल ने सदन को बताया कि वर्तमान में औषद्यालय अस्पताल बनने की शर्तो को पूरा नहीं करते इसलिये से संभव नहीं है कांग्रेस विधायक भारत भूष्ण बतरा ने आज विधानसभा में सरकार पर मल्टी लेवल पांकिंग व पानीपत चीनी मिल की मशीनरी खरीदने में घोटालों के आरोप लगाये है

उन्होंने कहा कि इस पार्किंग को बनाने में अनियमितता बरती गई है